अनलॉक वन अपील सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए प्रदेश की जनता से पूरी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है जरूरत के लिए बाजार और अन्य गतिविधियां शुरू की गई है प्रदेश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन यापन की दृष्टि से अनलॉक वन में कई तरह की छूट दी गई है लेकिन छूट के बाद कहीं कहीं ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा

उन्होंने कहा कि आमजन को कोई दिक्कत न हो इसलिए सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है

हालांकि अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में ज्यादातर मरीज ठीक हो रहे हैं

शहडोल जिले के लिए एक अच्छी खबर है तीन कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उन्हें छुट्टी दे दी गई

उमरिया कलेक्टर ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील की है

मंदसौर में भी आज राहत की बात रही

फीवर क्लिनिक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा आज भोपाल के शासकीय जे पी अस्पताल के फीवर क्लिनिक पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया उन्होंने फीवर क्लीनिक में मौजूद मरीजों से बातचीत करते हुए अनुरोध किया कि वे उनकी कॉलोनी और आसपास के लोगों को भी फीवर क्लीनिक के संबंध में बताएं और सर्दी खासी जैसे लक्षण दिखाई देने पर अस्पताल आने के लिए प्रेरित करें ग्राम शांति अभियान आगरमालवा जिले में अपराधों पर अंक्श लगाने के लिये और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिये पुलिस विभाग द्वारा ग्राम शांति अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत अपराधों और गतिविधियों का बारिकी से अध्ययन करने के बाद पुलिस और राजस्व विभाग का संयुक्त दल द्वारा गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा

लॉकडाउन और अन्य कारणों से अपने निवास के वर्तमान स्थान से अन्य स्थानों पर विस्थापित परीक्षार्थियों को उसी जिले से परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान की गई है परीक्षार्थी प्रवेश पत्र एमपी ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं

श्री यादव ने चलती ट्रेन के पीछे दौड़ लगाकर चार माह की बच्ची के लिये दूध पहुंचाया था

महिला ने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक इंदर सिंह यादव से सहायता मांगते हुए कहा था कि उसकी बच्ची दूध के लिये रो रही है उसे पिछले किसी स्टेशन पर दूध पिलाने को नहीं मिला है

पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल प्रदेशभर में विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जाएगे राजधानी भोपाल में एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है

पर्यावरण पर परिचर्चा के साथ लोगों को अनलॉक डाउन में बरती जाने वाली सावधानी पर भी चर्चा की जाएगी वहीं केन्द्रिय प्रदूषण बोर्ड भोपाल द्वारा कल जैव विविधता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कार्यक्रम को मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव आर श्रीनिवास मूर्ति संबोधित करेंगे मौसम अरब सागर में उठे चकवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से आज दिनभर हई झमाझम बारिश से प्रदेशभर में मौसम ठंडा हो गया है

राजधानी भोपाल सहित प्रदेष के अधिकांष हिस्सों में आज रूक रूक कर बारिष का दौर जारी रहा है मंडला खंडवा उमरिया मुरैना अनुपपुर पन्ना रायसेन शिवपुरी सतना सीहोर होशंगाबाद शहडोल पन्ना गुना कटनी छिंदवाड़ा और डिण्डोरी सहित प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कही धीमी बारिश हई

मेडीसिन चर्मरोग और मनोरोग विभागों में मरीजों को इलाज मिल सकेगा